और राज्य में आज मौसम का मिजाज फिर बदल गया

सीएम समीक्षा मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन को रोकना युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है इसी के मद्देनजर राज्य में पिरूल और सोलर नीति बनायी गई है देहरादून में मुख्यमंत्री ने पिरूल और सोलर नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की उन्होंने कहा कि पिरूल नीति महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने में कारगर साबित हो सकती है इससे वनाग्नि को रोकने में मदद मिलने के साथ ही ऊर्जा और ंबायोगैस भी तैयार हो सकती है इससे युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे मुख्यमंत्री ने कहा कि पिरूल संग्रहण और एकत्रीकरण व्यवस्था के तहत दी जाने वाली सब्सिडी के लिए धन की कमी नहीं होने दी जायेगी समीक्षा के दौरान उन्होंने इस क्षेत्र में आ रही व्यावहारिक कठनाईयों के निराकरण के निर्देश दिये मुख्यमंत्री ने सोलर नीति की भी समीक्षा की और राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में इसे महत्वपूर्ण बताया स्वास्थ्य सचिव केंद्र सरकार में स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन ने राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुद्रढ़ करने के सम्बन्ध में देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से चर्चा की मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से श्रद्वाल आते हैं चारधाम मार्गो में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र से आर्थिक सहायता कार्डियोलाजिस्ट के लिए एम्स के माध्यम से सहयोग के साथ ही श्रद्वालुओं के लिए एयर एम्बुलेंस की सेवा देने के लिए केन्द्र से आर्थिक सहयोग देने का भी अनुरोध किया

इसके विस्तार के लिए एनओसी मिलने से उत्तराखण्ड में स्वास्थ्य सुविधाएं और बेहतर होंगी उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में हेल्थ और वेलनेस सेंटर की स्थिति को मजबूत करना जरूरी है प्रेमचंद अग्रवाल उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कनाडा के ओटावा में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानि सीपीए की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कार्यकारी समिति की बैठक में भाग लिया

साथ ही उप समितियों की रिपोर्ट सीपीए की मेंबरशिप रिपोर्ट और वार्षिक रिपोर्ट कार्यकारी समिति के समक्ष रखी गयी विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने फाइनेंस उप समिति की बैठकों में भी बतौर सदस्य भाग लिया उन्होंने बताया कि कार्यकारी समिति द्वारा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की गतिविधियों और व्यवसाय के नियंत्रण और प्रबंधन पर चर्चा की गयी

नंधौर अभयारण्य क्माऊं क्षेत्र में नंधौर नदी के पास स्थित नंधौर वन्यजीव अभयारण्य में बाघों की लगातार बढ़ती संख्या से अधिकारी उत्साहित हैं वे चाहते हैं कि बाघों के संरक्षण के लिए इसे बाघ अभयारण्य यानि टाइगर रिजर्व बना दिया जाए

उन्होंने कहा कि अभयारण्य में पिछले कुछ वर्षों में बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि इस बात का भी संकेत है कि अपने सीमित संसाधनों से अभयारण्य बाघों की जिम्मेदारी लंबे समय तक अच्छे ढंग से नहीं उठा पायेगा इसे बाघ अभयारण्य के रूप में उच्चीकृत करने में राज्य सरकार सहयोग कर सकती है ताकि इसके लिए धन और राष्ट्रीय स्तर के जंतु वैज्ञानिकों की विशेषज्ञता मिल सके बोर्ड मीटिंग उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम इस बार जून के पहले सप्ताह में आ सकता है यह जानकारी उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी ने मीडिया को दी

इसके लिए आज मास्टर ट्रेनरों को बोर्ड मुख्यालय में प्रशिक्षण दिया गया

कुमाऊं आयुक्त क्माऊं आयुक्त राजीव रौतेला ने गर्मियों के दौरान वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए सभी सरकारी तंत्र को सतर्क रहकर काम करने के निर्देश दिये हैं कमाऊं आयक्त ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल के सभी जिलाधिकारियों से जिला स्तर पर फायर प्लान के तहत की जा रही कार्रवाई की जानकारी ली कुमाऊं आयुक्त ने कहा कि बनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए सुचना तंत्र का मजबुत होना बेहद जरूरी है उन्होंने जिला मुख्यालय में स्थापित आपदा नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नंबर जनता में प्रसारित करने के साथ ही पुलिस और वन विभाग को समन्वय स्थापित कर सूचना को आदान प्रदान करने के निर्देश दिये श्री रौतेला ने कहा कि वनाग्नि को लेकर व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए और वन क्षेत्र से लगे गांवों में सुरक्षा के इंतजाम किये जाएं उन्होंने विकास खण्ड और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशालाओं का आयोजन करने को भी कहा उन्होंने अधिकारियों को पिरूल के लिए बनाई गई पॉलिसी के अनुसार उसका उपयोग करने के निर्देश भी दिये एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी ने प्रत्येक राज्य में स्थानीय स्तर पर तीन महीने के भीतर जैव विविधता प्रबंधन समितियां गठित करने के बारे में पर्यावरण और वन मंत्रालय को रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श क्मार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने जैव विविधता समिति अभी तक गठित नहीं करने वाले राज्यों से भी कहा है कि देरी के कारणों के ब्यौरे के साथ वे शपथ पत्र दाखिल करें

इस हादसे में एक महिला समेत तीन लोगों की मौत हो गई एक समाचार एजेंसी के मुताबिक टिहरी के जिला आपदा परिचालन केंद्र प्रभारी बुजेश भट्ट ने बताया कि आज सुबह ऋषिकेश धरासू मार्ग पर नगुण गाड मठियाली में एक वाहन करीब सौ मीटर नीचे खाई में गिर गया इस हादसे में वाहन चालक और एक दंपति की मौके पर ही मृत्यु हो गई बताया जा रहा है कि वाहन क्यारी चापड़ा से चिन्यालीसौड़ की तरफ जा रहा था तीनों मृतक अंधियारी मय चापड़ा गांव के रहने वाले थे सेनेट्री नैपकिन जहां नौकरी की तलाश में यूवा महानगरों का रुख कर रहे हैं वहीं कुछ यूवा ऐसे भी हैं जो कंपनियों की अच्छी नौकरी छोड़कर वापस लौट आये और उन्होंने स्वरोजगार अपना लिया ऐसी ही एक मिसाल कायम की है कोटद्वार की प्रियंका थपलियाल ने इंजीनियरी के बाद प्रियंका दिल्ली में कुछ साल नौकरी करने के बाद कोटद्वार लौट आयी महिलाओं के उत्थान और स्वरोजगार की सोच लेकर उन्होने एक समूह का गठन किया और सेनेट्री नैपकिन बनाने की इकाई खोली प्रियंका बताती हैं कि उनके यहां आज कई महिलाएं काम कर रही हैं उनका काम अच्छा चल रहा है मौसम आज राज्यभर में मौसम का मिजाज बदल गया देहरादून सहित कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई और हवाएं चली मौसम विभाग ने मंगलवार को देहरादून समेत मैदानी इलाकों में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की थी आज सुबह कहीं धूप और कहीं हल्के बादल छाए हुए थे गढ़वाल और कुमाऊ मंडल में अमूमन एक जैसी स्थिति रही जैसे जैसे दिन चढ़ने लगा तो मौसम का मिजाज भी बदलने लगा देहरादून और ऋषिकेश में हल्की बूंदाबांदी हुई साथ ही टिहरी देहरादून और हल्द्वानी में रुक रुक कर हवाए चलती रही

उन्होंने बताया कि गुरुवार तक प्रदेश में बारिश हो सकती है